वे आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देशभर की ग्राम पंचायतों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र दो गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है न सोशल डिस्टॅसिंग का शब्द प्रयोग किया न लॉकडाउन के शब्द का प्रयोग किया इसे बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया आपने सिम्पल सा मैसेज दे दिया दो गज दूरी का या कहे कि दो गज देह की दूरी का इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं किसी संमावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं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 उन्होंने कहा कि हर ग्रामसभा ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है अब हमें आत्मनिर्मर बनना ही पड़ेगा बिना आत्मनिर्मर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने जिला अपने स्तर पर राष्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिन्दुस्तान कैसे आत्मनिर्मर बने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कमी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े ये तय करने का ये सबक हमने सीखा है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 इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी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 इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्वतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की उन्होंने बस्ती जिले के कप्तानगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत नकटीदेई की प्रधान वर्षा सिंह से भी बात की प्रधान ने अपनी ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये किये गये उपायों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में चौदह दिन की क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके श्रमिकों और मजदूरों को वापस लायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को दूसरे राज्यों में फसे श्रमिकों और मजदूरों की राज्यवार सूची तैयार करने और चरणबद्व कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया प्रदेश आने वाले समी श्रमिकों और कामगारों को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद उनके जनपद भेजा जायेगा यहां भी ये चौदह दिन क्वारंटीन की अवधि पूरी करेंगे इसके बाद सभी को राशन तथा एक एक हजार रूपये का भरण पोषण भत्ता देकर घर भेजा जायेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि ये अगले छह महीनों में लगभग पन्द्रह लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू करें उन्होंने लॉकडाउन में अपने गांव वापस लौटने वालों के लिए रोजगार सुजित करने के बारे में प्रस्तुति को देखा मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर इसी प्रकार की प्रस्तुति तैयार करें

जिले में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने वाले चार लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिले में छह क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है जिला प्रशासन इन इलाकों में विषाणुनाशक तरल का छिड़काव करने के साथ साथ लोगों के घरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है पिछले माह चौबीस तारीख को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से क्शीनगर में रूके थाईलैंड के एक सौ तैंतीस बौद्व भिक्ष्ओं को केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद कल विशेष बसों से बोधगया के लिए रवाना कर दिया गया वहां से सभी बौद्व भिक्षुओं को स्वदेश भेजा जाएगा इसके अलावा रूस की एक महिला पर्यटक को भी कल ऋषिकेश भेजा गया जहां से वह अन्य पर्यटकों के साथ अपने देश जाएगी सरकार ने आज एक निजी टीवी चैनल की उस रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें अलीगढ़ में जैन मेडिकल कॉलेज के पांच डॉक्टर को कोरोना से संक्रमित बताया गया था एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी के हवाले से स्पष्ट किया है कि केवल एक डॉक्टर संक्रमित था